आनन्दी बेन पटेल को उत्तर प्रदेश का नया राज्यपाल किया गया नियुक्त

वरिष्ठ कांग्रेस नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का दिल का दौरा पड़ने से कल नई दिल्ली में निघन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य नेताओं ने गहरा दुख व्यक्त किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी अट्ठाईस जुलाई को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माव्यम से लोगों से साझा करेंगे अपने विचार केन्द्र सरकार ने कुछ राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की हैं राष्ट्रपति भवन की विज्ञप्ति में बताया गया है कि मव्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल को उत्तर प्रदेश का नया राज्यपाल बनाया गया है बिहार के राज्यपाल लालजी टंडन को मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है फागु चौहान लालजी टंडन की जगह बिहार के नए राज्यपाल होंगे जगदीप धनकढ़ पश्चिम बंगाल के और रमेश बैस त्रिप्रा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं आर एन रवि नगालैंड के नए राज्यपाल होंगे विज्ञप्ति में कहा गया है कि ये नियुक्तियां पदभार संभालने की तारीख से प्रमावी होंगी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल ने आनन्दी बेन पटेल को प्रदेश का राज्यपाल बनाये जाने पर बघाई दी है श्री सिंह ने कहा कि श्रीमती पटेल की कूशल संगठन कर्ता के रूप में पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच एक पहचान रही है उन्होंने सार्वजनिक जीवन में रहते हुए समाज के हर वर्ग के लोगों के कल्याण की विंता की है उन्होंने कहा कि श्रीमती आनन्दी बेन पटेल के कुशल मार्ग दर्शन में उत्तर प्रदेश विकास की नई ऊँचाईयों को छुएगा उपराष्ट्रपति एम वैंकेया नायडू ने कहा है कि मीडिया को ईमानदारी और निपक्षता के साथ काम करना चाहिए हैदराबाद में जाने माने संपादक और तेखक गोरा शास्त्री के शताब्दी समारोह में उन्होंने मीडिया से समावार और क्विार के बीच अंतर करने और पत्रकारिता के उच्च मानदंडों को बनाए रखने को कहा रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कारगिल विजय के बीस वर्ष पूरे होने पर द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर कल शहीद सैनिकों को श्रद्वांजलि अर्पित की कारगिल विजय दिवस के बीस वर्ष पूरे होने पर सप्ताह भर का आयोजन किया जा रहा है रक्षामंत्री ने द्रास में आगंतुक पुस्तिका पर हस्ताक्षर भी किये पुस्तिका में अपने संदेश में राजनाथ सिंह ने लिखा कि इस ऐतिहासिक मौके पर वे कारगिल युद्द के सभी योद्वाओं को नमन करते हैं जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया शहीदों का उत्साह और पराक्रम आज सभी भारतीयों के लिए प्रेरणा है राजनाथ सिंह सैनिकों से भी मिले और चीन के साथ लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति की समीक्षा की सीमा सुरक्षा बल भी करगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन विजय की बीसवीं वर्षगांठ के अवसर पर हफ्तेमर कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है इस दौरान सीमा क्षेत्रों में रहने वाले शहीदों के परिवारों और वीरता पुरस्कार पाने वाले सभी सैनिकों को सम्मानित किया जायेगा रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कल ही जम्मू कश्मीर के कद्आ जिले में एक किलोमीटर लंबे उज पुल और सांबा जिले में लगभग छः सौ मीटर लंबे बसंतर पुल का उद्घाटन किया उन्होंने कहा कि सड़क और पुल किसी भी राष्ट्र की जीवन रेखा है और दूर दराज के इलाकों में सामाजिक तथा आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निमाते हैं रक्षामंत्री ने कहा मैं बार्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को इसके डायरेक्टर जनरल सहित सभी को मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और मैं यही शुमकामना भी देना चाहता हूं कि आगे भी बार्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसी प्रकार बखूबी देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करता रहे एक ऐसी सामर्थ्य ऐसी क्षमता और ऐसी योग्यता बार्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पैदा हो श्री सिंह ने जम्मू कश्मीर में सड़क और रेल संपर्क के विकास के लिए केन्द्र सरकार की प्रतिबद्वता दोहराई उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्य में चलाई जा रही परियोजनाओं की प्रगति पर लगातार निगरानी रख रहे हैं प्रदेश के पूर्व सैनिकों के बच्चों को दी जाने वाली आर्थिक अनुदान की राशि में बढोत्तरी की गई है राज्यपाल राम नाईक की अध्यक्षता में राजभवन में आयोजित उत्तर प्रदेश सैनिक पुनर्वास निधि को प्रबंध समिति की बैठक में पूर्व सैनिकों के लिये चलाई जा रही विमिन्न योजनाओं में आर्थिक अनुदान की राशि में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है बैठक में पूर्व सैनिकों के कक्षा नौ और दस में पढ़ने वाले बच्चों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को दो हजार रूपये से बढ़ाकर तीन हजार रूपये कर दिया गया है जबकि कक्षा ग्यारह और बारह में पढ़ने वाले बच्चों को अब चार हजार रूपये की आर्थिक मदद मिलेगी वहीं स्नातक स्तर पर पढ़ने वाले बच्चों को छह हजार रूपये दिये जायेंगे बैठक में पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं द्वारा अपने पुनर्वास हेत् लिए गये ऋण की राशि पर छूट की दर बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का कल दिल्ली में दिल का दौरा पड़ने से नियन हो गया वे इक्यासी वर्ष की थीं श्रीमती दीक्षित पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रही थीं ये उन्नीस सौ अन्ठानबे से दो हजार तेरह तक तीन बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रही श्रीमती दीक्षित केन्द्र सरकार में मंत्री और केरल की राज्यपाल भी रही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वैंकेया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है राष्ट्रपति ने कहा है कि शीला दीक्षित राष्ट्रीय राजधानी में बड़े पैमाने पर विकास कार्य करने के लिए याद की जाएगी श्री वैंकेया नायड् ने कहा कि शीला दीक्षित एक क्शल प्रशासक थी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि शीला दीक्षित ने दिल्ली के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया प्रधानमंत्री ने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को उनके आवास जाकर भावनीनी श्रद्वांजलि दी शीला दीक्षित को श्रद्वांजलि देने वालों में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांवी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पूर्व प्रघानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह रखामंत्री राजनाथ सिंह कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंघिया और फिल्म अनिनेत्री रामिला टैगोर भी शामिल थीं भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने पूर्व मुख्यमंत्री के परिजनों को संदेश भेजकर शोक व्यक्त किया है प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता श्रीला दीक्षित के निघन पर गहरा शोक व्यक्त करते हए कहा कि श्रीमती दीक्षित का उत्तर प्रदेश से गहरा जुड़ाव था राजवानी दिल्ली के विकास में उनकी भूमिका को हमेशा याद रखा जायेगा कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि शीला दीक्षित का निधन एक अपूर्णनीय क्षति है प्रियंका गांधी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा शीला जी एक बड़ी लीडर थी कांग्रेस की और उनका जो योगदान रहा कांग्रेस पार्टी को भी और पूरे देश की राजनीति के लिए और खास तौर से दिल्ली के लिए वो देश याद रखेगा दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा शीला जी दिल्ली और देश की राजनीति में अच्छे तौर पर याद करी जायेगीं और मैं प्रार्थना करता हूं ईश्वर से की उनके समी चाहने वालों और परिवार के लोगों को समी लोगों को ये दुख बर्दाशत करने की शक्ति दे भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अव्वास नकवी ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा भारत के लोगों के लिए एक उदाहरण एक नजीर है उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जिम्मेदारियों पर काम करते हुए भी यो हमेशा जो है यो लोगों के सरोकार के प्रति लोगों की समस्याओं के समाधान के प्रति पूरे समर्थण भाव से उन्होंने काम किया है श्रीमती शीला दीक्षित का अंतिम संस्कार आज दोपहर नई दिल्ली के निगम बोघ घाट पर किया जायेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की अट्ठाईस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे

प्रघानमंत्री के दूसरे कार्यकाल में मन की बात कार्यक्रम की यह दूसरी कड़ी होगी कार्यक्रम की पिछली कड़ी में श्री मोदी ने लोकतंत्र के महत्व का उल्लेख किया था प्रघानमंत्री ने कहा था कि भारत गौरव के साथ दावा कर सकता है कि लोकतंत्र इसकी संस्कृति में निहित है और इसकी विरासत का हिस्सा है

इस लोकतंत्र को हमारी रगों में जगह मिली है सदियों की साधना से

एक विशाल व्यापक मन की अवस्था से है प्रदेश सरकार ने फीचर फिल्म सुपर थर्टी को राज्य वस्तु और सेवा कर से मुक्त करने का निर्णय लिया है यह जानकारी देते हुए राज्य सरकार के प्रक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्णय के अनुपालन में शासन के कर एवं निबन्धन विभाग द्वारा कमिश्नर वाणिज्य कर एवं जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं फीचर फिल्म सुपर थर्टी बिहार के संस्थापक आनन्द कुमार के जीवन पर आघारित है